राष्ट्रव्यापी तालांबंदी तीन मई तक बढ़ाये जाने के मद्देनज़र तालाबंदी का सख्ती से अन्पालन स्निश्चित करने के लिए कई दिशा निर्देश दिये जा च्के है

लोगों की म्शकिलों को कम करने के लिए क्छ च्निंदा गतिविधियों में छ्ट दी जायेगी ये सीमित छ्र्टे राज्यों केन्द्र शासित प्रदेशों और जिला प्रशासन द्वारा मौजूदा दिशा निर्देशों का कड़ाई से अन्पालन करने के आधार पर दी जायेगी

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति या समूह पर रासायनिक कीटणुनाशक का छिड़काव शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर न्कसानदायक है

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से सोडिया हाइपो क्लोराइड स्प्रे का इस्तेमाल लोगों को कीटाण् म्क्त करने में इसके प्रभाव सम्बधी लोगों द्वारा प्रछताछ की जा रही है मंत्रालय ने कहा कि सोडियम हाइपो क्लोराइड के सांस के साथ अंदर जाने से गले नाक और श्वास नली में बारिश एवं बलगम भी हो सकती है

मंत्रालय ने कहा कि पंजाब हरियाणा और उत्तरप्रदेश में कटाई का काम जोरो पर है और इस महीने के अंत तक इसके म्कम्मल होने की संभावना है

उन्होंने कहा कि कल से क्छ इलाकों में क्ल ढील दी जा रही है

इस अवसर पर गृहमंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि राज्यों को अपने इलाके में चिकित्सा टीमों को सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए

उन्होंने कहा कि कोरोना को हराने के लिए प्रदेश के डॉक्टर नर्से मेडिकल स्टाफ पुलिस आदि अग्रिम मोर्चे की लड़ाई लड़ रहे है जिसके सकारात्मक परिणाम मिले है

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस महामारी से लड़ने के लिए गंभीर प्रयास किये जब ये महामारी श्रू हुई प्रदेश में इसकी जांच के लिए एक भी प्रयोगशाला नही थी लेकिन आज पर्याप्त परीक्षण प्रयोगशालायें काम कर रही है उन्होंने कहा कि केन्द्र द्वारा दिये जा रहे ये दिशा निर्देश को हरियाणा में पूरी तरह लागू किया जा रहा है

चंडीगढ़ में जारी एक संदेश में उन्होंने कहा कि एक माह में तालाबंदी का सख्ती से पालन करवा रहे और अन्शासन में रहकर सेवा भाव से अपने काम में जूटे प्लिस कर्मचारियों के व्यवहार और सदभाव की राज्य सरकार और आम लोगों द्वारा सराहना की जा रही है उन्होंने डयूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को सामाजिक दूरी का ध्यान रखने दसताने और मास्क पहनने व जरूरी होने पर पीपीई किट पहनने को कहा है श्री यादव ने कहा कि इस महामारी को हराने के लिए राज्य पुलिस इसी प्रकार अपना प्रयास जारी रखेगी सिरसा के डबवाली विधानसभा क्षेत्र का हरियाणा में तीन बार प्रतिनिधित्व करने वाले व हैफेड के पूर्व चेययमैन मनी राम का आज निधन हो गया उन्होंने मोहाली के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली वे चौधरी देवी लाल के नज़दीकी माने जाते थे उन्होंने चार बार विधानसभा व एक बार लोकसभा का च्नाव लड़ा उनके प्त्र और पूर्व विधायक डॉ सीता राम ने कोरोना महामारी के मद्देनज़र सभी के अपने घर में रहकर ही दिवंगत आत्मा को श्रद्वांजलि देने की अपील की

फरीदाबाद के जिला नोडल अधिकारी डा रामभगत ने बताया कि इनमे छ जमाती भी शामिल है जिनका क्छ दिन पहले टेस्ट नेगीटिव आने के बाद क्वारटीन किया गया था और क्वारटीन का समय प्रा होने के बाद उनकी रिपोर्ट पोजिटिव आई है

स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुटटी दी गई है

ये व्यक्ति गुरूग्राम जेल में वार्डन है और तीन दिन पहले ही छुटटी काट कर ग्रूग्राम जेल में डयूटी पर गया है